विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा

किसान मानधन योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज शुरू कर दी है प्रधानमंत्री द्वारा रखे गये पहले सौ दिन के लक्ष्य के अनुरूप इस योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्वावस्था पेंशन देने का प्रावधान है

इस प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है श्री तोमर ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे विश्व आदिवासी दिवस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज कहा कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ किए जाएंगे इससे करीब डेढ़ करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में श्री नाथ ने बताया कि सरकार ने इसके लिए सभी औपचारिक व्यवस्थाएं कर ली है

उन्होंने बताया कि हर हाट बाजार में एटीएम खोले जाएंगे प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये जबलपुर से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मानस भवन में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया लगभग सभी जिलों में आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी नियुक्त किये हैं मुरैना से सांसद और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर हरियाणा में चुनाव संबंधी कार्य देखेंगे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव को महाराष्ट्र का च्नाव प्रभारी बनाया गया है

सड़क निर्माण के क्षेत्र में यह विशेष पहल है श्री पटेल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायक है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस मटेरियल के उपयोग से सड़को का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में सहयोगी है

और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश होने पर देर रात तालाब लबालब भरने की उम्मीद है रायसेन में बेतवा नदी में बाढ़ आने से भोपाल से संपर्क टूट गया है

उधर उज्जैन में गंभीर बांध के तीन गेटों को खोला गया है लगातार बारिश होने से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है वहीं बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है धार में भी लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर है सीहोर में शहर के बीचो बीच से बहने वाली सीवन नदी लबालब भर गई है शहडोल जिले में स्थित बांणसगार बांध का भी जलस्तर बढ़ने लगा है खंडवा जिले में भी नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उमरिया अनूपपुर गुना नीमच और नरसिंहपुर जिले में भी रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है